मुख्य न्यायाधीश शपथ न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन ने आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बारहवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने न्यायमूर्ति मेनन को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित छत्तीसगढ़ और केरल उच्च न्यायालय के न्यायधीशगण उपस्थित थे मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने कार्यक्रम का संचालन और राष्ट्रपति के वारंट का वाचन किया गौरतलब है कि लोकपाल सदस्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया था इसके बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया गया था

इस चरण में उत्तरप्रदेश में चौदह राजस्थान में बारह मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल में सात सात बिहार में पांच और झारखंड में चार सीटों के लिए मतदान हुआ जम्मू कश्मीर में लद्दाख तथा अंनतनाग निर्वाचन क्षेत्र के पुलवामा और शोपियां जिलों में भी मतदान हुआ चुनाव आयोग ने मतदान के सुचारू संचालन के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं

रायगढ़ की छात्रा प्रगति सत्पथी ने पांच सौ में से चार सौ संतानवे अंक हासिल कर देश में तीसरा और प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है वहीं भिलाई के निलांश काबरा और वनीता सिंघल ने अंठानवे दशमलव आठ प्रतिशत अंक हासिल करके प्रदेश में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है परीक्षा में शामिल हुए सत्रह लाख साठ हजार छात्रों में से इंक्यानवे दशमलव एक प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए वहीं भुवनेश्वर जोन के अंतर्गत बयानवे दशमलव तीन दो प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं

इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ और डीआरजी के जवान मर्दापाल इलाके में तलाशी अभियान पर निकले थे इस दौरान केटम के जंगलों में घात लगाए बैठे माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया सुरक्षा बलों द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई दोनों ओर से करीब घंटे भर तक फायरिंग होती रही बाद में माओवादी घने जंगलो का फायदा उठाकर भाग गए इधर दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने एक इनामी सहित दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है मुखबिर की सूचना पर जनताना सरकार के अध्यक्ष महेश कुमार अलामी और जनमिलिशिया सदस्य मुरा लेकाम को पुलिस ने घेराबंदी कर हिरासत में लिया है महेश कुमार अलामी पर एक लाख रूपए का इनाम घोषित किया गया था इन दोनों माओवादियों पर विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है दुर्घटना जांजगीर चांपा जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में एक बच्ची सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दो अन्य लोग घायल हो गए हैं बताया जाता है कि ये चारों लोग एक ही मोटर सायकल पर सवार होकर जा रहे थे इस दौरान बिर्रा मार्ग के पास चारपहिया एक वाहन ने मोटर सायकल को टक्कर मार दी वहीं महासमुंद जिले में हुए एक अन्य सड़क हादसे में पच्चीस यात्री घायल हो गए हैं इनमें चार की हालत गंभीर बताई जाती है घायलों को बसना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है गंभीर रूप से घायल लोगों को रायपुर भेजा जा रहा है हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार बसना से सारंगढ़ जा रही यात्री बस को बीटांगी पाली गांव के पास एक ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई पुनीत गुप्ता डीकेएस अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता आज गोलबाजार थाने में पेश हुए जहां पुलिस ने उनसे करीब तीन घंटे तक पूछताछ की पूछताछ के बाद थाने से बाहर निकलने पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है इसलिए कुछ भी कहना उचित नहीं है गौरतलब है कि डीकेएस अस्पताल के वर्तमान अधीक्षक डॉक्टर केके सहारे ने डॉक्टर पुनीत गुप्ता पर अस्पताल का अधीक्षक रहते हुए पचास करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितता का आरोप लगाकर गोलबाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इस मामले में डॉक्टर गुप्ता अग्रिम जमानत पर हैं फोनी तुफान राहत ओड़िशा के पुरी नगर की यात्रा पर गए गुजरात के सवा सौ यात्रियों को आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बनाए गए राहत शिविर में ठहराया गया जिला और निगम प्रशासन द्वारा उनके भोजन और चिकित्सा के इंतजाम किए गए बाद में इन तीर्थ यात्रियों को ट्रेन के माध्यम से गुजरात के जामनगर और राजकोट के लिए रवाना किया गया गौरतलब है कि ये यात्री भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए पुरी गए थे जहां फोनी तूफान आने की वजह से वे निश्चित समय पर गुजरात के लिए रवाना नहीं हो सके थे बोर खनन प्रतिबंध रायपुर जिला प्रशासन ने गर्मी को देखते हुए निजी बोर उत्खनन पर तीस जून तक प्रतिबंध लगा दिया है विपरीत परिस्थितियों में जिला प्रशासन से अनुमति के बाद ही बोर किया जा सकता है वहीं नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार बोर कर सकेगा रमजान रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है आज से मस्जिदों में तरावीह की नमाज अदा की जाएगी गौरतलब है कि दिल्ली समेत देशभर में बीते रविवार को रमजान का चांद नजर नहीं आया इसलिए पहला रोजा कल मंगलवार से शुरू होगा रमजान के पाक महीने में खुदा के बंदे उनकी इबादत करते हैं अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया का पर्व कल मनाया जाएगा इस मौके पर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोग मिट्टी से बने गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाते हैं इसका उद्देश्य समाज में प्रेम सद्भाव और मेल मिलाप को बढ़ावा देना है इस बीच अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाह की आशंका को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह रोकथाम के प्रयास तेज हो गए हैं महिला और बाल विकास विभाग ने इस वर्ष भी समन्वित प्रयास और सामाजिक सहयोग से बाल विवाह रोकने की तैयारी कर ली है विभाग ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए सभी जिलों के कलेक्टर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं निर्देश में बताया गया है कि बाल विवाह करने वाले वर और वधु के माता पिता सगे संबंधी बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह की सूचना ग्राम सरपंच पंचायत सचिव शिक्षक कोटवार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से दी जा सकती है इसके अलावा चाइल्ड हेल्प लाईन नंबर एक शून्य नौ आठ या बाल संरक्षण आयोग के टोल फ्री एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन शून्य शून्य पांच पांच पर भी सूचना दी जा सकती है गौरतलब है कि इक्कीस साल से कम उम्र के लड़के या अट्ठारह साल से कम उम्र की लड़की से विवाह करना या कराना अपराध है